केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये दो मेडिकल कॉलेज भवनों तथा तीन मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सेंटरों का लोकार्पण किया इनमें भरतपुर तथा भीलवाडा में मेडिकल कॉलेज भवन तथा बीकानेर कोटा और उदयपुर मेडिकल कॉलेजों के सुपर स्पेशियलिटी सेंटर शामिल हैं इस मौके पर डॉक्टर हर्ष वर्धन ने कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत का प्रदर्शन अन्य बड़े बड़े देशों से बेहतर रहा है

वहीं मृत्युदर एक दशमलव आठ चार प्रतिशत है जो दुनिया में सबसे कम है

साथ ही उन्होंने जयपुर जोधपुर अलवर कोटा तथा बीकानेर जिलों में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितयों के कारण राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में लागत बहुत अधिक आती है इसलिए इसे देखते हुए केन्द्र सरकार राज्य को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाये उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि वे जालौर तथा प्रतापगढ़ में विषम परिस्थितियों के देखते हुए तथा राजसमंद में नियमों में ढील देते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दें केंद्रीय चिकित्सा राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने इस अवसर कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाये हैं

आने वाले समय में इसे और बढाया जायेगा

इस दौरान बाज़ार पूरी तरह बंद रहेंगे और घर घर खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जाएगी कंर्फ्यू के दौरान इंदिरा रसोईघर सरकारी कार्यालय अखबार डेयरी और मेडिकल सुविधाए जारी रहेंगी

राज्यपाल आज राजभवन से स्थानीय के लिए मुखर हो वेबिनार को संबोधित कर रहे थे वेबिनार का आयोजन बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा कियाँ गया उन्होंने कहा कि अब अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए स्थानीय मॉडल पर विचार करने का समय आ गया है

लॉकडाउन के दौरान छह महीने तक ऋणों के भुगतान पर ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए क्योंकि उसे इसके अंतर्गत पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं उच्चतम न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई पहली सितम्बर को होगी

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इन दोनों परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्रों की संख्या में वृद्धि कर दी है

ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित होगा साथ ही ये द्रदर्शन डीटीएच चैनल प्रधानमंत्री कार्यालय और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर एप पर भी उपलब्ध रहेगा

इस कार्यक्रम का आयोजन केन्द्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत किया गया

वेबिनार में मुख्य वक्ता राजस्थान की मशहूर धूवपद गायिका डॉक्टर मध् भट्ट तैलंग ने राजस्थान के समुद्ध संगीत और लोक गीतों की विरासत पर अपना संबोधन दिया असम के लोक संगीत में संगीत रत्न की उपाधि से सम्मानित माधव कृष्ण दास ने असम और राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की समानता के बारे में बताया

वहीं जिला कलेक्टर पर्यटको के झरनो और नदियों के नजदीक नहीं जाने को लेकर चेतावनी जारी की है इस बीच मौसम विभाग ने शुक्रवार से एक बार फिर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्ति की है